दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई की सुविधा

पटना हाईस्कूल और पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल

केन्द्रीय वन मंत्रालय ने कोसी मेची नदी जोड़ योजना को मंजूरी दे दी है इस योजना के जरिये कोसी बेसिन के पानी को महानंदा बेसिन में लाया जायेगा यह योजना बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ योजना है इसके तहत चार हजार नौ सौ करोड़ रूपये की लागत से लगभग छिहत्तर किलोमीटर लम्बी नहर बनाकर दोनों नदियों को जोड़ा जायेगा योजना के पूरा होने पर दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी साथ ही बाढ़ से भी बचाव होगा राज्य सरकार ने गंगा को पटना के नजदीक लाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है दो सौ चौंतीस करोड़ रूपये की लागत वाली इस योजना को जून दो हजार बीस तक प्रा कर लेने का लक्ष्य है इसके अन्तर्गत गंगा के अंदर मौजूद सिल्ट को निकाल कर चैनल के जरिये इसकी धारा को पटना के निकट लाया जायेगा उत्तर बिहार की नदियों में अधिकांश स्थानों पर पानी घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है बाढ़ पीड़ित अपने घर लौटने लगे हैं हालांकि सड़के और झोपड़ियां ध्वस्त होने से जहां बाढ़ पीड़ित बेहाल है वहीं कई स्थानों पर समय पर राहत सामग्री नहीं मिलने की शिकायतें भी मिली है झंझारपुर शिवहर और दरभंगा जिले में कई स्थानों पर समय पर राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा और सड़क जाम किया बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगी धान और गन्ने की फसलें बर्बाद हो गयी हैं सरकार की तरफ से युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है प्रभावित इलाकों में महामारी की आशंका को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब केवल सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में दो दो राहत शिविर चलाये जा रहे हैं जहां लगभग साढ़े बारह हजार लोगों ने शरण ले रखी है वहीं चार सौ बयालीस सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है बचाव कार्यो में एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एसएसबी की सताईस टीमें लगी हुई हैं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपूर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का सामान्य परिचालन शुरू हो गया है बाढ़ के कारण पांच दिनों से इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद था पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन पूर्व की तरह सुचारू हो गया है इधर बाढ़ स्टेशन पर चार और पांच अगस्त को ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लेने के कारण कल झाझा पटना मेमू ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और इसके आस पास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है इसकी वजह से अगले एक दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इधर राजधानी पटना और आस पास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् कल एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं वे पटना हाईस्कूल गर्दनीबाग की स्थापना के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे साथ ही श्री नायडू पटना विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं इधर पटना हाई स्कूल के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरूआत हो चुकी है पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से आज स्कूल परिसर से शहीद स्मारक तक शताब्दी दौड़ का आयोजन किया गया सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने दौड़ को हरीझंडी दिखा कर रवाना किया मजदूरी संहिता विधेयक दो हजार उन्नीस संसद से पारित हो गया है विधेयक में विभिन्न क्षेत्रों तथा अलग अलग वेतनमानों में काम करने वाले श्रमिकों को समान रूप से न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के वेतन भूगतान की समस्याओं को दूर करेगा इससे संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पचास करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की आशंका को लेकर खूफिया सूचना के बाद सरकार ने अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को घाटी छोड़ने का परामर्श दिया है जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने एक परामर्श जारी कर यात्रियों को वापस लौटने की सलाह दी पटना उच्च न्यायालय ने बिहार प्रलिस महकमे में खाली पड़े पदों को दो हजार बीस तक हर हाल में भरने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायामूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी इस मामले में सुस्ती बरते जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुये सुनवाई की न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तेरह अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होकर इस मामले में की गयी कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को एक बार फिर पटना प्रमंडल के आयुक्त पद की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गयी हैं वहीं पटना के आयुक्त रॉबर्ट एल चोंग्थू को सारण प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव मन्भाई परमार को कला संस्कृति और युवा विभाग का प्रधान सचिव वहीं राजस्व पर्षद के अपर सदस्य उदय सिंह कुमावत को पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग में श्रम आयुक्त गोपाल मीणा को लघु जल संसाधान विभाग का अपर सचिव बनाया गया है

ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार बारह अगस्त को मनाया जायेगा इमारत ए शरिया फुलवारीशरीफ के मौलाना अब्दुल जलील कासमी ने ऐलान किया है कि कल राजधानी पटना समेत देश के कई इलाकों में बकरीद का चांद देखा गया इसलिए ईद उल अजहा की नमाज बारह अगस्त को अदा की जाएगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सत्र दो हजार उन्नीस बीस की घरेलू क्रिकेट श्रुख्ला का कार्यक्रम जारी कर दिया है बिहार को रणजी ट्रॉफी के चार मैचों समेत कुल पन्द्रह मैचों की मेजबानी मिली है रणजी ट्रॉफी में बिहार का पहला मुकाबला नौ दिसम्बर से मणिपूर के खिलाफ इम्फाल में खेला जायेगा कला संस्कृति एंव युवा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है

सड़क की ढलाई और मरम्मत कार्य के लिए जहानाबाद से राजाबाजार से होकर एनएच एक सौ दस पर वाहनों की आवाजाही सत्रह अगस्त तक बंद कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया गया है हिन्दुस्तान ने लिखा है अमरनाथ यात्रियों पर्यटकों से घाटी छोड़ने को कहा गया वहीं दैनिक जागरण लिखता है आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा अखबार की एक अन्य सुर्खी है अयोध्या पर नहीं हुई सुलह सुनवाई से ही होगा फैसला दैनिक भास्कर ने गंगा को पटना के नजदीक लाने संबंधी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है पटना को फिर नसीब होगी गंगा की गोद प्रभात खबर लिखता है ड्रोन और सेटेलाईट से होगी बालू ओर पत्थर खनन की निगरानी आज अखबार लिखता है मंडरा रही है सुखाड़ की काली छाया पच्चीस जिलों में सूखे की आशंका खेतों में चौड़ी हो रही है दरार अन्ठावन फीसद ही धान की रोपनी पटवन का संकट

दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई की सुविधा

पटना हाईस्कूल और पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल